सीएम ऑन कोविड वैक्सीन म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन को लेकर राज्य में जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस संवेदनशील कार्य के लिए कूल चेन की जरूरत है उसके लिए आवश्यक उपकरण जनवरी तक राज्य को उपलब्ध हो जायेंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि कुल चेन स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है इसके लिए अन्भवी टीम हमारे पास है वैक्सीन आते ही इसको लगाने का कार्य श्रू कर दिया जायेगा

कृंभ मेले की तैयारी को लेकर हई उच्चस्तरीय बैठक में म्ख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

म्ख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि क्म्भ के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर सम्पादित होने वाली व्यवस्थाओं की एसओपी जारी करने के साथ ही डाक्यूमेन्टेशन पर ध्यान दिया जाय उन्होंने इस सम्बन्ध में व्यापक जन जागरूकता के प्रसार पर भी बल दिया म्ख्यमंत्री ने वन भूमि हस्तांतरण के मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये म्ख्यमंत्री ने मेलाधिकारी के साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार को क्म्भ मेले के नोटिफिकेशन के पूर्व होने वाले स्नान पर्वो के सम्बन्ध में सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने को कहा

उन्होंने मेलाधिकारी से कोरोना को लेकर जनजागरूकता फैलाने कोविड हास्पिटल के साथ ही कोविड सेन्टरों की स्थापना और उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता स्निश्चित करने को कहा

उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और उनके सहायक स्टाफ के डाटा का कलेक्शन उसका श्द्विकरण और संबंधित पोर्टल पर उसकी एंट्री में तेजी से कार्य किया जाए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को वैक्सीनेशन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संपादित करने के लिए जिला स्तर पर कोर टीम का गठन करने और स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण बह्त ही गंभीरतापूर्वक और प्रभावी तरीके से होना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन के दौरान कोई समस्या न हो उन्होंने वैक्सीन को स्टोर करने के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई और विभिन्न स्थानों पर उसका स्रक्षित भंडारण और परिवहन से संबंधित जरूरी व्यवस्थाएं करने को कहा उन्होंने कोल्ड चेन साइट को आइडेंटिफाई करने के दौरान इस बात का ध्यान रखने को कहा कि कोल्ड चेन साइट में आवागमन स्गम हो

जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉआरपीखण्डूरी ने बताया कि पहले चरण में सम्भावित टीकाकरण को लेकर जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है

साथ ही दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया गया है

इस अवसर पर उप सेना प्रम्ख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड की सलामी ली उन्होंने सभी कैडेट्स को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने के लिए बधाई दी उन्होंने उम्मीद जताई कि विदेशी कैडेट्स अपने साथ आईएमए की स्नहरी यादों को लेकर जाएंगे

फेस मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ ही परेड और ड्रिल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया इस अवसर पर ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर वतनदीप एस सिद्ध को दिया गया

मौसम प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है चमोली रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी टिहरी बागेश्वर पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों मे बर्फबारी हुई है चमोली जिले में बद्रीनाथ हेमक्ंड फूलों की घाटी औली रूपक्ंड रुद्रनाथ बेदिनी ब्ग्याल में कल रात से ही बर्फबारी श्र हो गई उत्तरकाशी जिले के स्क्की टॉप हर्षिल गंगोत्री जानकीचट्टी और यम्नोत्री धाम क्षेत्रों में बर्फबारी हुई टिहरी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी में भी कल रात से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था धनौल्टी की ऊंची चोटियों समेत सुरकंडा देवी और बुरांसखंडा क्षेत्रों में हिमपात हुआ उधर बागेश्वर जिले के पिडंर घाटी में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है जबकि पिंडर घाटी के खाती वाछम कंवारी तीख डोला बदियाकोट सोराग गांव के ऊंचाई वाले इलाकों और शामा के लोधरा बुग्याल आदि क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने ह्ए हैं कपकोट के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार पौड़ी उधमसिंह नगर अल्मोड़ा चंपावत नैनीताल बागेश्वर टिहरी उत्तरकाशी चमोली रुदप्रयाग में रुक रुक कर बारिश होती रही पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों विशेषकर उधमसिंह नगर हरिद्वार जिले के साथ ही पौड़ी और नैनीताल जिलों के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है यह स्थिति अगले तीन चार दिनों तक बनी रह सकती है

इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गये हैं इस मामले में किसानों को भ्रमित करना उचित नहीं है उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त करने के सम्बन्ध में किसानों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जबकि एमएसपी समाप्त नहीं की जा रही है इसके अलावा पहले केवल मण्डी ही खरीदारी करती थी आज उसके लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वावलम्बन और हरित क्रांति लाने के लिए कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रूपये की कोष की स्थापना की गई है म्ख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय द्गनी करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है उसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं किसानों को मण्डी के साथ ही कहीं भी उत्पादों को बेचने की आजादी है उन्होंने बताया कि प्रदेशमें किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है

आपको बता दें कि स्रक्षा एजेंसी आईबी ने टिहरी बांध के चार स्थानों पर हाइड्रोलिक ऑटोमैटिक सिस्टम लगाने का स्झाव सरकार और टीएचडीसी को दिया था टीएचडीसी ने आईबी की रिपोर्ट पर चार स्थानों पर बोलार्ड सिस्टम लगाने शुरू किए थे टीएचडीसी ने बांध के स्पिल वे और पीएसपी के प्रवेश द्वार पर नवंबर में ही यह सिस्टम स्थापित कर लिए थे

पार्क चमोली चमोली जिले के क्लेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन ने वेस्ट मटीरियल यानी अन्पयोगी वस्त्ओं को रीसाइकिल कर वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कराया है इस पार्क में खाली ड्रम डब्बों गाड़ी के टायरों और प्लास्टिक की खाली बोतलों और बाल्टियों से सुन्दर कोकोनट ट्री गमले प्लांट बतख तितली फूलदान बनाया गया है वेस्ट प्लास्टिक बोतलों में मिट्टी भरकर आकर्षक दीवार बनाकर पार्क की सजावट की गई है वही खाली ड्रमों को काटकर पार्क में बैठने के लिए बेंच बनाए गए हैं